प्रधानमंत्री ने राज्यों को ऑक्सीजन और दवाओ की जमाखोरी और कालाबाज़ारी पर नज़र रखने की अपील की

आओ कोरोना को हराए कोविड उचित व्यवहार के पालन को जन आंदोलन बनायें कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

ऑक्सीजन की आपूर्ति के मूददे पर राज्या द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर नोटिस लेते हये श्री मोदी ने कहा कि ऑक्सीजन का उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे है उन्होंने बताया कि सभी सम्बधित विभाग एवं मंत्रालय स्थिति में सुधार के लिए मिलकर काम कर रहे है और ऑक्सीजन की त्रंत आवश्यक्ता को पूरा करने के लिए देश मे उदयोगिक ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है प्रधानमंत्री ने राज्यों को ऑक्सीजन और दवाओं की जमाखोरी और कालाबाज़ारी पर नज़र रखने की अपील की उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य केा ऑक्सीजन टैंकरो की निर्विघ्न ढूलाई सुनिश्चित करनी चाहिए श्री मोदी ने राज्यों से प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में ऑक्सीजन पहंचाने के लिए एक उच्च स्तरीय तालमेल समिति गठित करने का आग्रह किया

प्रधानमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ऑक्सीजन टैंकरों के पहचने में लगने वाले समय को कम करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है उन्होंने भारतीय रेलवे द्वारा शुरू गई पहल ऑक्सीजन एक्सप्रेस का जिक्र किया और कहा कि भारतीय वाय्सेना के विमानों द्वारा ऑक्सीजन टैंकरों की आवाजाही से भी देश में मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाने में लगने वाले सम में कमी आयेगी प्रधानमंत्री ने मौजूदा स्थिति के मददेनज़र जांच क्षमता बढानो और टीकाकरण अभियान जारी रखने की जरूरत पर बल दिया है हाल ही में अस्प्तालों में ह्ये क्छ हादसों को जिक्र करते ह्ये श्री मोदी ने सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है श्री मोदी ने प्रशासन को हिदायत की कि वे लोगों को निरंतर जागरूक करते रहे ताकि लोग मौजूदा स्थिति से न घबरायें इससे पहले नीति आयोग के डॉ वी के पॉल ने रोगियों के उपचार और चिकित्सा स्विधायें बढ़ाने के लिए एक खाक प्रस्तू किया

उन्होंने कहा कि सेना दवारा डॉक्टरों और पैरामेडिकल कर्मचारियों की सेवा मुहैया करवाई जायेगी उन्हें जल्दी सम्बधित जिलों में तैनात किया जायेगा वीडियो कॉन्फ्रेस के दौरान श्री संजीव कौशल ने जिलाधिकारियों को अपने जिले में लगातार पोजिटिव आने वाले लोगों के सम्पर्क में रहने वालों का पता लगाने पर बल देने जांच का दायरा बढ़ाने सेनेटाईजेशन पर बल देने हर माइक्रो कंटेनमेंट जोन की निगरानी के लिए एक नोडल अधिकारी की निय्क्ति करने व ऑक्सीजन की आपूर्ति के संबंध में निर्देश दिये उन्होंने प्रत्येक निजी अस्पताल व सरकारी अस्पताल में जरूरत अनुसार ऑक्सीजन की आपूर्ति व कमी की जानकारी रखने के लिए अस्पतालों के तालमेल के साथ एक नोडल् अधिकारी की नि्यक्ति की हिदायत भी की उन्होंने कहा कि इन नोडल अधिकारियों को अपने जिले में तीन दिन की ऑक्सीजन की पूर्ति को बनाए रखना अनिवार्य होगा और राज्य में ऑक्सीजन के आबंटन की जानकारी भी अपने पास रखनी होगी यह जानकारी निजी व सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों व प्रबंधकों के साथ भी सांझा करनी होगी श्री कौशल ने डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की जरूरत के संबंध में कहा कि संबंधित जिला के उपाय्क्त इसके लिए प्राधिकृत होंगे यदि जरूरत पड़ती है तो डॉक्टर और पैरामेडिकल की निय्क्ति अपने स्तर पर कर सकते हैं

पुलिस प्रवक्ता नेआज पचंकूला मे यह जानकारी देते हये बताया कि गश्त दौरान एक ग्रप्त सूचना मिलने के बाद अपराध शाखा की एक टीम ने उत्तरप्रदेश के शामली निवासी शकील को समालखां के बस अड्डे के पास से गिरफ्तार किया

पकड़े गये य्वकों में एक अमनदीप पंजाब में खेरकलां औ द्सरा ग्रमीत सिंह राजस्थान के सिलवालाकलां का रहने वाला है जबकि नानक सिंह ऐलानाबाद का निवासी है प्लिस अधीक्षक भूपेन्द्र सिंह ने पत्रकारों को बताया कि आरोपियों को रिमांड पर लेने के लिए अदालत में पेश किया जा रहा है

उपाय्क्त धीरेंद्र ने बताया कि इन क्षेत्रों में आवाजाही नियंत्रित कर दी गई है उपाय्क्त दवारा के जारी आदेशों के तहत इन क्षेत्रों में आशा व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर जांच व थर्मल स्कैनिंग करेंगी इन क्षेत्रों को पूर्णतया सेनेटाइज करने का कार्य संबंधित खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय व नगर परिषद अथवा नगर पालिका की ओर से किया जाएगा